मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन व्यवस्था को लेकर आज लखनऊ में समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री ने अपील की कि अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिक घर वापस आने के लिए पैदल यात्रा न करें उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है प्रदेश वापसी से पूर्व प्रवासी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जायेगा प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब तक दिल्लो से लगभग चार लाख और हरियाणा से से बारह हजार प्रवासी श्रमिक के अलावा राजस्थान के कोटा से ग्यारह हजार पांच सौ छात्रों की सुरक्षित वापसी प्रदेश में हो चुकी है

नोएडा दिल्ली तथा अलीगढ़ में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के छात्रों की सूची तैयार कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि प्रदेश की सीमा को पूरी तरह सील करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए नेपाल राष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बगैर अनुमति कोई व्यक्ति प्रदेश में आने न पाये

क्वारंटीन सेन्टर और शेल्टर होम से प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त घर भेजते समय सभी श्रमिकों को राशन की किट उपलब्ध करायी जायेगी श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में वेंटिलेटर्स की तात्कालिक आवश्यकता होने पर पोर्टेबल वेंटिलेटर्स मंगाए जाएंगे

वर्तमान में छह जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गये हैं

प्रदेश में बेहतर प्रबन्धन के कारण मृत्यु एवं संक्रमण दर देश में सबसे कम है

इनमें कई जिलों में कई तरह छूट दी जाएंगी

मंत्रालय ने लॉकडाउन की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा बैठक की लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार और फायदा हुआ है

ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे रोजगार सूजन ग्रामीण आवास और ढांचागत विकास से जुड़ी ग्रामीण विकास परियोजनाओं को सक्रियता से लागू करें

श्रो तोमर ने कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही

मनरेगा में वैकल्पिक रोजगार मिले ये सुनिश्चित भारत सरकार हमेशा करती रही है और आज भी कर रही

उत्तर प्रदेश में आगरा स्मार्ट सिटी ने जी आई एस डैश बोड बनाया है जो विभिन्ना हॉट स्पॉट हीट मैप पॉजिटिव मामले और ठीक हुए मामलों को दर्शाएगा जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली को कहते हैं इस डैश बोर्ड को नियमित तौर पर अपडेट किया जायेगा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

बीच सेमेस्टर के छात्रों का मौजूदा और पिछले आंतरिक आंकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा

टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं भी जुलाई में होंगी

पूर्णबंदी की अवधि के दौरान भी शिक्षा जारी रखने के लिए अनेक संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं

जन औषधि केंद्रों तक पहुंच बनाने के लिए यह एप बहुत उपयागी है

यह ऐप रसायन और उवर्रक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फार्मा ब्यूरो ने विकसित किया है यह एंड्रोइड और आई फान प्लेटफार्म पर उपलब्ध है इसे गूगल प्लेस्टोर और एप्पल स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है

जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया आज सुबह मुंबई में उनका निधन हुआ था सड़सठ वर्षीय ऋषि कपूर को कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था वे लगभग एक साल तक अमरीका में कैंसर का इलाज कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे

उसके बाद मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए बाल कलाकार के रूप में उन्होने अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता

लैला मजनू रफू चक्कर कर्ज चांदनी हीना और सागर जैसी फिल्मों में रोमांटिक नायक के रूप में उनके अभिनय को काफी सराहा गया

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फिल्म जगत के सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर गहरा दुःख एवं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने कहा कि आज मनोरंजन की द्नियां का एक और बड़ा सितारा इस संसार को अलविदा कह गया विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित सहित प्रदेश के अनेक गणमान्य लोगों ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुःख व्यक्त किया है लाकडाउन के दौरान लोगों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा कई पैकेज दिए गये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इन्हीं में से है किसानों को खेती के काम के लिए इस पैकेज से मदद पहुंचायी जा रही है

इस संकट काल में किसानों के खाते में सम्मान निधि के तहत पैसे भेजे जा रहे हैं कुशीनगर जिले में लगभग छह लाख किसानों का पंजीकरण किसान सम्मान निधि के तहत किया गया है कृषि उपनिदेशक का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए किसानों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है